श्री मोदी ने टवीट कर कहा कि भारत उनका भव्य स्वागत करेगा उन्होंने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा बहत विशेष है और इससे भारत के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों ही लोकतंत्र और बहवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनेक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं उधर अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे भारत यात्रा की उत्स्कता से प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री टम्प ने अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके परम मित्र हैं उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी जिसमें श्री मोदी ने कहा था कि भारत में हवाई अड्डे से लेकर क्रिकेट मैदान तक लाखों लोग उनका स्वागत करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव प्रीति सुदन ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम और जांच के लिए की गई तैयारियों और उठाए गए कदमों की समीक्षा की उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है श्रीमती सूदन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार चौकस और सतर्क रहने को कहा है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के सभी इक्कीस बड़े हवाईअड्डो बारह बड़े बंदरगाहों और सीमा चैकियों पर जांच की जा रही है उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि नये कोरोना वायरस से हई बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड दो हजार उन्नीस है डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने जिनेवा में इसकी घोषणा की कोरोना वायरस शब्द उसके नवीनतम प्रारूप को बताने की बजाय केवल उस समृह का उल्लेख करता है जिसका वह सदस्य है नया नाम कोरोना वायरस और बीमारी से लिया गया है और साथ में दो हजार उन्नीस वर्ष के लिए है जिसमें इस वायरस का प्रकोप सामने आया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अन्तर्गत मध्यप्रदेश और मणिपुर एक दूसरे की संस्कृति को साझा करने में जुटे हैं दोनों राज्य शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और पर्यटकों को एक दसरे राज्य में भेज रहे हैं एक रिपोर्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के लोगों को मणिपुर की संस्कृति इतिहास त्योहारों भाषा और खानपान के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है भोपाल के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा उत्कष्टता संस्थान में खानपान शार्ट फिल्म मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में सौ से ज्यादा विद्यार्थियों ने अनेकता में एकता का सन्देश देते हए प्रस्ततियां दी यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की समन्वयक प्रोफेसर इंद् पांडे ने अष्टलक्ष्मी अर्थात पूर्वोत्तर को जानने के लिहाज से इस अभियान को बेहतरीन पहल बताया उन नार्थ ईस्ट के स्टेटस का कल्चर कजीज उन लोगों का लिटरेचर उनसे अपना एजुकेशनल कल्चरल रिलेशन डेवलप करना मध्यप्रदेश के भोपालसतना सहित कई जिलों से कालेज के विद्यार्थियों के दल जल्दी ही मथिपूर की यात्रा पर जा रहे हैं इस दौरान छात्रों को देश के ईशान कोण के इस सबसे प्रमुख राज्य मणिपूर के विविध पहलुओं से रूबरू होने का मौका भिलेगा

सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करेंगी चौदह सत्रह और उन्नीस फरवरी को राज्यपाल के अभिभा ाण पर चर्चा होगी अट्ठारह फरवरी को प्रदेश सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल के आनन्द नगर बढ़नी रेल प्रखण्ड के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिद्धार्थनगर कर दिया गया है पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि नाम बदलने की सभी वैधानिक औपचारिकताए पूरी कर ली गयी हैं और अब यह स्टेशन सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मण्डल के मऊ खूरहट और खूरहट मोहम्मदाबाद स्टेशनों के बीच समपार फाटकों के निर्माणाधीन होने के कारण उस मार्ग पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को नियंत्रित कर के चलाया जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस तेरह फरवरी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा एक्सप्रेस सोलह फरवरी को वाराणर्सी मण्डल पर पचास मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी